बजट में किसानों को भरपूर सौगातें दी गयी हैं

प्रदेश में नौ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे

पन्ना में डायमंड म्यूजियम और छतरप्र के जटाशंकर में रोप वे का निर्माण होगा य्वाओं के लिए स्व रोजगार के नए अवसर सृजित कराने के उद्देश्य से म्ख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना श्रू होगी भोपाल जबलप्र और इंदौर में कैंसर अस्पताल बनेंगे

जबलप्र में नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित होगा सभी आंगनवाड़ियों के अपने भवन होंगे

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह बजट सर्वे भवन्त् स्थिनः सर्वे संत् निरामया के ध्येय वाक्य को क्रियान्वित करने का माध्यम है इस बजट की विशेषता आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए नौ नए मिशन और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने वाले बुनियादी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है वहीं पर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे झुठ का पुलिंदा दिशाहीन निराशाजनक व सिर्फ़ आँकड़ो का मायाजाल करार दिया है माकपा ने कहा कि बजट में जनता की चिंताओं को दरकिनार कर दिया गया है सामाजिक न्याय एप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में स्गम्य भारत एप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम की प्स्तिका का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विमोचन किया सुगम्य भारत एप में दिव्यांग लोगों की परिवहन और विभिन्न समस्याओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने की व्यवस्था और विभागीय जानकारियां भी उपलब्ध होंगी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाली महिलाओं को पांच आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है

नमस्कार